प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आतंकवाद से प्रभावित सभी देशों से आतंक के खिलाफ तत्काल प्रमाणिक और ठोस कार्रवाई करने की जरूरत पर बल दिया है कल तुर्की के राष्ट्रपति के साथ टेलीफोन पर बातचीत में उन्होंने कहा कि आतंकवाद वैश्विक शांति और स्रक्षा के लिये सबसे बड़ा खतरा बना हआ है

इसी बीच भारत यात्रा पर आए सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री आदेल बिन अहमद ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ मलाकात की

दोनों देशों ने सभी आतंकवादियों के विरूदव बिना किसी भेदभाव के प्रमाणिक और विश्वसनीय कदम उठाने के लिये मिल कर काम करने पर सहमति व्यक्त की है वरिष्ठ भाजपा नेता अरूण जेटली ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व् में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तहत भारत तरह सुरक्षित है आज फेसब्क पोस्ट पर श्री जेटली ने कहा कि सर्जिकल तथा हवाई हमले एक नीति के तहत थे कि भारत को आतंक के उद्गम पर वार करना चाहिए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को यह महसूस हो गया हो गया कि आतंकवाद को संरक्षण देना उसके लिये मंहगा पड़ेगा और समूचे विश्व ने भारत के इस कदम की सराहना की है मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है और उसके पांरपरिक मित्र राष्ट्र भी उसके साथ खड़े नहीं होना चाहते उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस तथा उसके महागंठबंधन के साथी वोटों की खातिर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को खराब कर रहा है उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने प्लवामा हमले की तो सरकार के साथ निंदा की पर बालाकोट की नहीं उन्होंने कहा कि हवाई हमलों पर कांग्रेस का रवैया आरै भी संदिग्ध लगता है जब उन्होंने श्रू के दिन तक तक भारतीय वाय्सेना से सहान्भूति जताई और बाद में देश ही बहआयामी वार करने लगे उन्होंने कहा कि घरेल् राजनीति के लिये यह सबा स्वयं लक्षित था

विधिक सेवा प्राधिकरण के एक प्रवक्ता ने बताया कि न्यायलयों में लंबित और प्रीलिटिगेशन के मामलों के निपटान के लिये समय समय पर लोक अदालत आयोजित की जाती है

निपटाये गये मामलों में सिविल अपराधिक वैवाहिक विवाद बैंक रिकवरी व अन्य अधिनियमों से मामले शामिल है

कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि भाजपा ने अपने च्नावी घोषणापत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है भिवानी में पत्रकारों से बातचीत मे करते हये उन्होंने पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा के सवाल पर कहा कि इस बारे पहले प्रदेश चयन कमेटी और फिर केन्द्रीय चयन कमेटी अंतिम फैसला लेगी

समिति एफएम तथा टीवी पर जिंगल स्पोट स्लोट एल बैंड पट्टांी इत्यादि पर भी विशेष ध्यान देगी इस कार्य के लिए सम्बधिंत उम्मीदवार को एमसीएमसी से परमिशन लेना अनिवार्य है यदि कोई उम्मीदवार बिना स्वीकृति के उक्त माध्यम से प्रचार करता पाया जाता है तो खर्चा सम्बन्धित के खाते में जोड़े जाने का प्रावधान है श्रीमती शरणदीप कौर बराड़ ने आज अपने कार्यालय में एक बैठक को सम्बोधित करते हये कहा कि कमेटी का म्ख्य उददेश्य पेड व फेक न्यूज पर नजर रखने के साथ साथ सोशल मीडिया पर ध्यान रखना भी है इसके लिए गठित कमेटी में जिला निर्वाचन अधिकारी समिति के चेयरमैन होंगे जबकि जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी सदस्य सचिव होंगे

सिरसा के उपाय्क्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रभजोत सिंह ने कहा कि सभी अधिकारी आदर्श च्नाव आचार संहिता की अन्पालना कर च्नाव को निष्पक्ष पारदर्शी एवं शांतिपूर्वक तरीके से करवाने में सहयोग करें

वे आज सिरसा के लघ् सचिवालय के बैठक कक्ष में नोडल अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे उपाय्क्त ने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को प्री च्नावी प्रक्रिया में उनकी जिम्मेदारियों व कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी

उन्होंने बताया कि च्नाव आदर्श आचार संहिता की अन्पालना के नोडल अधिकारी अतिरिक्त उपाय्क्त उत्तम सिंह को बनाया गया है और उनके साथ कालका विधानसभा क्षेत्र के लिये जिला राजस्व अधिकारी रामफल कटारिया तथा पंचकृला विधानसभा क्षेत्र के लिये जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी कंवर दमनपाल सदस्य के रूप में मनोनीत किये गये है

इसो के राष्ट्रीय प्रभारी अर्ज्न चोटाला ने एक प्रेसवार्ता में यह जानकारी देते हये कहा कि इसो छात्रों के मूददो के उठाने के लिये है और उनके संगठन का केन्द्र केवल विश्वविद्यालय और कालेज में पढ़ने वाले छात्रों की समस्यायें और हित ही रहेंगे प्रेसवार्ता के दौरान इसो राष्ट्रीय प्रभारी ने स्थानीय छात्रों को सम्बधित विश्वविदयालयों और कालेजों में दस प्रतिशत आरक्षण देने की सरकार से मांग की

मृतक की पहचान दर्गानकर के राजकुमार के रूप में हई है